उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के बुढणी में मोटरमार्गो के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया

इसके अलावा उन्होंने किच्छा चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट लगाने सिरौली कलां और नगला को नगर पंचायत बनाने पाहा नहर पर कवरिंग कर उस पर सड़क बनाने समेत कई अन्य घोषणाएं भी की यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा को सरकार ने पूरा किया है

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद की है और अधिकतर किसानों का भुगतान भी कर दिया

डॉ रावत ने पटोटी चमगांव बजवाड़ सालना मल्ली कलगढ़ी क्षेत्र का भ्रमण और जनसम्पर्क भी किया स्लग लोकार्पण पिथौरागढ़ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को एशियन डेवलवपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ किले में विकसित किये गये कार्यों का लोकापर्ण किया पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह एकमात्र ऐसा किला है जिसे धरोहर के रूप में सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है उन्होंने कहा कि इस किले के सौन्दर्यीकरण के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही इसका लाभ पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिलेगा इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में भगवती के मंदिरों का एक सर्किट विकसित किया गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में शीतकाल के दौरान पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्किइंग जैसे साहसिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है

इस क्षेत्र को गुफाओं के पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा

मंगलवार को चमोली जिले के पोखरी में आयोजित पांच दिवसीय शरदोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिरूल से हो रही वन हानि को रोकने और पहाड़ों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन की कवायद शुरू कर दी गई है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोखरी में बी फार्मा डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय के लिए भवन निर्माण पोखरी लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण पोखरी चोपड़ा मोटरमार्ग और हरिशंकर कैलब के लिए सड़क की स्वीकृति की घोषणा भी की

महोत्सव में प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान भी पहंचे और विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काफी महत्व है उन्होंने कहा कि जिज्ञासा से ही नये नये आविष्कारों का जन्म होता है विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं ने स्वच्छता स्वास्थ्य जैव विविधता और कृषि आदि विषयों पर मॉडल बनाये हैं

फाइनल में नैनीताल ने ऊधमसिंह नगर को हराया जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के सात जिलों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया

स्लग सोशल मीडिया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि समाज में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान दौर में संचार के क्षेत्र में यह गतिशील माध्यम है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग जन जागरूकता के साथ ही समाज के व्यापक हित में करना होगा मंगलवार को देहरादून में सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के महत्व को समझना होगा उन्होने कहा कि समाचारों और घटनाओं का सकारात्मक फॉलोअप इसमें होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार नशे और ड्रग्स के विरूद्व मुहिम चलाने की बात कही है समाज को इनके दृष्प्रभाव से बचाने के लिये भी सोशल मीडिया एक माध्यम बन सकता है इसी प्रकार सरकार द्वारा समाज के व्यापक हित में जो सकारात्मक पहल की जा रही है उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने सोशल मीडिया के माध्यम से की गई पहलों की जानकारी दी स्लग ग्रोथ सेंटर योजना मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार समिति की बैठक में विभिन्न विभागों और संस्थाओं से प्राप्त ग्रोथ सेंटर योजना के प्रस्तावों पर चर्चा की गई

विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना की ओर से पौड़ी गढवाल के अमोठा सीमार अल्मोड़ा के नाली फल्याट देहरादून के ग्राम थानो व चकराता में पुनाह पोखरी बागेश्वर के शामा और टिहरी के ख्यार्सी में एग्रो बिजनेस ग्रोथ सेंटर के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये मुख्य सचिव ने अन्य प्रस्तावों को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस तरह के आयोजन से एक ओर जहां स्थानीय कलाकारों को पहचान मिलती है तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मनोरंजन भी होता है जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि विंटर कार्निवल के दौरान स्थानीय होटलों में आयोजित होने वाला फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण रहेगा इसके अलावा चाईना पीक तक होने वाली ट्रैकिंग के जरिए साहसिक पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा